आज पॉजिटिव मिले दो दो मामले बागेश्वर नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले से हैं और एक एक मामला चमोली और पौड़ी जिले का है उधर उत्तरकाशी जिले में सोमवार को कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मामले सामने आये

मरीज के परिवार को भी आइसोलेट किया गया है साथ ही व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को जिला प्रशासन ने जीएमवीएन गैरसैंण में क्वारंटीन किया गया है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कोरोना पॉजीटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ट्रेस कर मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए सचिव पीसी प्रदेश में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है सचिव शैलेश बगोली ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि अब तक दो लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदेश में वापस आने के लिए पंजीकरण कराया है जबकि एक लाख ग्यारह हजार से ज्यादा प्रवासी वापस आ च्के हैं भाजपा बैठक भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में कोरोना संकट के दौरान प्रदेश सरकार दवारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई

साथ ही घर वापस लौट रहे प्रवासियों को अधिक से अधिक संख्या में म्ख्यमंत्री रोजगार योजना और अन्य योजनाओं से जोड़ने की जरूरत बताई गई बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि घर लौट रहे प्रवासियों को राशन किट निश्ल्क दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है

बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही पार्टी के कई नेता शामिल हए कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना महामारी पर चर्चा की और जरूरतमंदों तक पहंचाई जाने वाली सामग्री की जानकारी ली प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रवासी नागरिकों की घर वापसी के कारण पर्वतीय जिलों में हो रही संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिन्ता प्रकट की एक अन्य कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दिव्यांगों को राशन किट च्यवनप्राश और जुस वितरित किया इस मौके पर पार्टी उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी उपस्थित रहे राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव और इसकी रोकथाम में आयूर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

इसलिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना होगा उन्होंने कहा कि आयर्वेद मनृष्य की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विशेष योगदान देता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना आय्र्वेद का प्रयोजन है उन्होंने कहा कि आय्र्वेद चिकित्सा पद्वति आज वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बना चुकी है राज्यपाल ने कहा कि यदि हमें बीमारियों से ख्द को बचाना है तो योग और प्राणायाम के महत्व को समझना होगा पुलिस महानिदेशक प्रदेश में वापस आ रहे प्रवासियों से प्लिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी नैनीताल लॉकडाउन नैनीताल जिला ऑरेंज जोन में रखा गया है और इसके सारे प्रावधान यहां पर प्रभावी रहेंगे जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अंतरराज्यीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अन्मति दी जा सकेगी

उन्होने बताया कि रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे

जिलाधिकारी ने कहा कि नाई की द्वकान सैलून स्पा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्कानों ठेली और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस और सैनेटाइजेशन नियमों का पूरी तरह अन्पालन करना अनिवार्य होगा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर चालान किया जायेगा

यहां होटल मैनेजमेंट संस्थान में थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से लोगों को उनके गतंव्यों तक भेजा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग कीटीम द्वारा आने वाले प्रवासियों का डाटा तैयार किया जा रहा है

आज दून रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिक मजदूरों को भेजने का सिलसिला श्रू हुआ

मौसम प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है मैदानी इलाकों में दिन में झूलसाने वाली धूप निकल रही है मौसम विभाग के म्ताबिक तापमान सामान्य से क्छ अधिक रहेगा देहरादून में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान बढ़ने से जंगलों में आगजनी की घटनाएं हो सकती है